अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे अब तक हासिल जानकारी के मुताबिक लददाख में विधानसभा नहीं होगी और वह चण्डीगढ़ की तर्ज पर केन्द्रशासित प्रदेश होगा जबकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी होगी और वह दिल्ली की तर्ज पर केन्द्रशासित प्रदेश की तरह काम करेगा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है केन्द्रीय गृहमंत्री ने विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस धारा से कोई फायदा नहीं मिल रहा था बल्कि राजनेता वहाँ भ्रष्टाचार को बढ़ांवा दे रहे थे

प्रदेश भर से इस प्रस्ताव के समर्थन में रैलियां और जुलूस निकालने के समाचार मिल रहे हैं

बैतूल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर के कश्मीर चौक और हास्पिटल चौराहे पर लोगों ने मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई उधर आगर मालवा में लोगों ने आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटीं

राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बधाई देते हुए कहा कि आज देश का स्वर्णिम दिन है कमलनाथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रेत खदानों की नीलामी के पूर्व आम जनता से सुझाव आमंत्रित करने को कहा है उन्होंने कहा कि खदानों की नीलामी में पूरी पारदर्शिता हो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी रेत और गौण खनिज की नीति ऐसी बने जिससे अवैध उत्खनन को सख्ती से रोका जा सके आज मंत्रालय में नई रेत नीति और गौण खनिजों के नियमों के संबंध में हुई बैठक में श्री नाथ ने यह निर्देश दिए बैठक में खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल वित्त मंत्री तरुण भनोत मुख्य सचिव एसआर मोहंती सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे

सिलावट स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट कल भोपाल के शासकीय जयप्रकाश अस्पताल में प्रदेश के पहले आब्सटेट्रिक आईसीयू और मातृ दुग्ध कोष अमृत कलश का लाकार्पण करेंगे आब्सटेट्रिक आई सीयू एचडी यू में गंभीर जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं के लिये प्रसव पूर्व प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद बेहतर उपचार और देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित होगी अमृत कलश में एकत्रित मातृ दुग्ध के जरिये मां के दूध से वंचित शिशुओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था रहेगी आब्सरोट्रिक आईसीयू और अमृत कलश के निर्माण में आधुनिक मशीनों उपकरणों और तकनीक का उपयोग किया गया है

इसका टाइटल प्रश्नों के सही उत्तर बताओ हिन्दुस्तान का दिल घूमकर आओ है

इसमें प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागी विद्यालय राज्य स्तर पर सहभागिता करेंगे नागपंचमी नागपंचमी का पर्व आज प्रदेशभर में मनाया जा रहा है प्राचीन और धार्मिक नगरी उज्जैन में भगवान नागचन्द्रेश्वर मंदिर के पट खोले गये

मंदिर के पट आज रात बारह बजे तक खुले रहेंगे नागपंचमी के अवसर पर शिवमंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि देर रात से ही श्रद्वालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था प्रशासन ने श्रद्वालुओं की बड़ी तादाद को देखते हुए सुरक्षा के माकूल इंतजाम किये हैं यहां आज महाकाल की शाही सवारी भी निकाली जायेगी उधर बड़वानी जिले के नागलवाड़ी स्थित प्राचीन भिलट देव मंदिर में अलसुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है पचमढी के नागद्वारी मेले में में भी श्रद्वालु पहुंच रहे है

रिजर्व के कल्लवाह परिक्षेत्र के गश्ती दल ने इसको दिन में विचरण करते हुए देखा है

चिकित्सक दल द्वारा लगातार आवश्यक उपचार और देखभाल की जा रही है मौसम राज्य के ज्यादातर जिलों में रुक रुककर बारिश का दौर जारी है हालांकि राजधानी भोपाल में बादलों की लुका छिपी के बीच कल से बारिश नहीं हुई है पिछले चौबीस घण्टों के दौरान इंदौर संभाग के जिलों में ज्यादातर स्थानों पर वहीं उज्जैन चंबल होशंगाबाद भोपाल शहडोल और रीवा संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश दर्ज की गई

आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगातार बारिश से बीती रात शहर में एक कच्चा मकान ढह गया सीहोर के इछावर में कालियादेव जलकुण्ड में डूबे युवक का शव मिल गया है वह कल नहाते वक्त डूब गया था